राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी स्थानों पर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और इसके बाद एक घंटे तक कोरोना संक्रमित मरीज़ भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे

स्थापना दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल छह अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सम्बोधित करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस मौके पर अपने विचार रखेंगे इस अवसर पर पार्टी देश में सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी प्रवेश प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो रही है

कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हए स्कूलों को सैनेटाइज किया जाएगा और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा कोविड प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात की संभावना जताई है विभाग ने आज से सात अप्रैल तक निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है

मुख्यमंत्री जयराम ने दिये जल्द अनुबंधकाल घटाने के संकेत मंडी में सीएम से मिला अनुबंध कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल हिमाचल दस्तक की खबर है दैनिक जागरण ने लिखा है सीबीआई ने किया कोटखाई दुष्कर्म मामले की दोबारा जांच से इन्कार हाईकोर्ट में जवाब दाखिल आपका फैसला की एक खबर है देश के सबसे ऊंचे मार्ग की बहाली से होंगे स्वर्ग के दीदार दिल्ली से लेह मार्ग के ऊंचे दर्रों पर कदमताल के लिये लालायित हो रहे हैं सैलानी

सीधे खाते में आएगी अब बागवानी दवाओं की सब्सिडी प्रदेश सरकार ने नई योजना की लागू अमर उजाला की सुर्खी है मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है अनिल शर्मा ने चुनाव में बेटे के लिये चोरी छिपे किया था प्रचार कार दुर्घटना की खबर को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है सिहुंता में गिरी कार तीन श्रद्दालुओं की मौत